बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ऊना उत्कर्ष योजना के बिन्दुओं को प्रदेश भर में लागु करेगी राज्य सरकार

उंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात चम्बा लाहौल स्पिति और कुल्लू जिलों के पर्वतीय इलाकों में हिमस्खलन की आशंका के चलते लोगों को एहतियात बरतने की सलाह

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई योजना बोर्ड की बैठक में ये स्वीकृति दी गई

योजना में सामाजिक सेवा क्षेत्र परिवहन संचार कृषि उर्जा और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष की अवधि में शिक्षा स्वास्थ्य बागवानी और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है

सैजल राज्य सरकार ऊना जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई ऊना उत्कर्ष योजना के कुछ बिन्दुओं को प्रदेशभर में लागू करने के प्रयास करेगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने ऊना के झलेड़ा में अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में कहा कि इससे बेटियों के प्रति समाज में फैली मानसिकता को लेकर व्यापक जनजागरूकता लायी जा सकती है उन्होंने कहा कि लिंग अनुपात में सुधार के लिए ऊना उत्कर्ष योजना कारगर साबित हो रही है राजीव सैजल ने सभी वर्गों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आने का आहवान किया

इसका उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिये किया जाएगा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कस्मीर कर्नाटक केरल ओडिसा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु और झारखंड के हैं

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए विकास कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए बाद में उन्होंने नागरिक अस्पताल थुरल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली वेतन आयोग केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों व शैक्षणिक कर्मचारियों तक सातवें वेतन आयोग की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे सरकार पर एक हजार दो सौ चालीस करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा

मौसम प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पिति व किन्नौर और चम्बा जिलों की उंची चोटियों पर बाद दोपहर से रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहे इस दौरान ठण्डी हवाएं चलने से लोगों को जबरदस्त शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है

इधर हिमस्खलन अनुमान अध्ययन केन्द्र ने चम्बा लाहौल स्पिति किन्नौर शिमला और कुल्लू जिलों के उंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की आशंका के चलते लोगों को एहतियात बरतने को कहा है

ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी उधर जनजातीय क्षेत्र पांगी के लोगों ने कहा है कि साच हैलीपैड के लिए अभी तक कोई भी उड़ान नही हुई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है उन्होंने शासन से हैलीकॉप्टर उड़ान सेवा शुरू करवाने की मांग की है हालड़ा जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में सर्दियों के मौसम में त्यौहारों का दौर शुरू हो जाता है इसी कड़ी में जिले की गाहर घाटी में हालड़ा उत्सव कल शुरू हुआ तीन दिन तक चलने वाले इस उत्सव में लोग रात के समय अपने घरों से जलती मशालें लेकर हालड़ा का गीत गाते हैं और निर्धारित स्थान पर सामूहिक रूप से पूजा पाठ करते हैं लोगों का कहना है कि घाटी में ये उत्सव नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है और इस दौरान इलाके की खुशहाली व समृद्धि की कामना की जाती है

इसमें ऊना व हमीरपुर जिलों के करीब एक सौ युवा भाग लेंगे

युवा संसद में युवाओं का चयन राज्य स्तर पर होने वाली संसद के लिए किया जाएगा

नेहरू युवा केन्द्र सोलन की समन्वयक ईरा प्रभात ने बताया कि विभिन्न कौशल विकास केन्द्रों में जाकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है हंसराज केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वित पोषित पंचवर्षीय योजना के तहत चम्बा जिला में भेड़ों की देसी नस्ल का सुधार किया जाएगा

उन्होंने कहा कि मौजूदा परिपेक्ष्य में पशुपालन कृषि और बागवानी ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी के मजबूत आधार हैं विधानसभा उपाध्यक्ष ने पशुपालन और भेड़ पालन में नई तकनीकों और जानकारियों को अपनाने का पशु पालकों से आहवान किया हंसराज ने ग्रामीणों को पोल्ट्री फार्म की दिशा में रूचि बढ़ाने पर बल दिया इस मौके पर उन्होंने पशु पालकों को निशुल्क खनिज लवण की किटें भी वितरित कीं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूल धमान्दरी के वार्षिक समारोह की आज अध्यक्षता की इस मौके उन्होंने बच्चों को शिक्षा के अलावा वर्ष भर खेलकूद गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया वीरेन्द्र कंवर ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य तय कर बड़ी मेहनत करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि धमान्दरी स्कूल में एक करोड़ रूपए की लागत से जल्द ही खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा कुष्ठ रोग हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर है और यहां इसकी प्रचलन दर एक मामले से भी कम है अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने आज शिमला में एक बैठक में बताया कि कुष्ठ रोग का उपचार पूरी तरह सम्भव है और ये संक्रमण रोग नही है